राज्य के डिग्री कॉलेजों में अब नहीं होगी इंटर की पढ़ाई

राज्य में वाहन चलाने वालों को लर्निंग लाईसेंस लेने के लिए अब ऑनलाईन टेस्ट देना होगा परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस टेस्ट में यातायात नियम से जुड़े प्रश्नों का जवाब आवेदकों को देना होगा परीक्षा पास करने के बाद ही लाईसेंस मिलेगा परिवहन सचिव ने कहा कि किसी अनपढ़ को अब लाईसेंस नहीं मिल सकेगा उन्होंने कहा कि नये नियम में प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है केंद्र सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित पांच जिलों औरंगाबाद गया मुजफ्फरपुर जमुई और बांका में सड़कों के निर्माण के लिए एक हजार छह सौ उनतालीस करोड़ रूपये का आवंटन किया है पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया है कि इस राशि से एक हजार अड़तीस किलोमीटर लम्बी चौंसठ सड़क और इकतालीस पुलों का निर्माण किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैमूर रोहतास नवादा और जमुई जिले की भी कई सड़क परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया जा चुका है राज्य के डिग्री कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि डिग्री कॉलेजों में इंटर के पढ़ाई की अनुमति यूजीसी नहीं देता है साथ ही नैक कॉलेजों का मूल्यांकन भी नहीं करता है श्री मेहरोत्रा ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की पहल पर यह कार्रवाई की जा रही है राज्य में कल से शुरू हो रहे मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों और ओएमआर शीट पर छात्रों की तस्वीर भी लगी होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या ज्यादा है इस बार की परीक्षा में पन्द्रह लाख उनतीस हजार तीन सौ तिरानवे अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों के हड़ताल को देखते हुये उत्तर प्रस्तिकाओं की जांच के लिए पुराने शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक परीक्षा और उत्तर प्रस्तिकाओं की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें बर्खास्त किया जायेगा इसके लिए नगर निमग नगर परिषद और नगर पंचायत नियोजन इकाईयों को निर्देश दिया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सामाजिक कल्याण के लिए भारतीय भाषाओं में अधिक डिजिटल तत्वों का समावेश किये जाने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और ई शासन के लाभ सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तत्वों का भारतीय भाषाओं में होना जरूरी है श्री नायड् जबलपुर में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान के विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षक वर्ग से भारतीय भाषाओं में और अधिक डिजिटल सामग्री तैयार करने की अपील की स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में विभिन्न देशों से आये कोरोना वायरस के अट्ठाईस संदिग्ध लोगों को गहन चिकित्सा निगरानी में रखा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को बीमारी के इलाज से संबंधित मानक संचालन प्रणाली भेजी गयी है प्रधान सचिव ने कहा कि पटना और गया एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है श्री कुमार ने कहा कि वायरस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नम्बर एक सौ चार पर सम्पर्क किया जा सकता है राज्य के सभी अनुमंडलों में ब्रनियादी केन्द्र खोले जायेंगे समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक राज कुमार ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी सभी सुविधाएं एक स्थान पर मिले इसके लिए केन्द्रों की स्थापना की जा रही है पहले यह केन्द्र जिलों में स्थापित किये गये थे बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने धान की खरीद में किये गये करोड़ों रुपये के घोटाले के एक मामले में एक बैंक प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है आरोप पत्र निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में दाखिल किया गया है आरोपितों में केंद्रीय सहकारिता बैंक नवादा के शाखा प्रबंधक नागेन्द्र सिंह उर्फ नागेन्द्र प्रसाद और नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड स्थित फतेहपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रंजीत कुमार शामिल हैं केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य के पिछड़े जिलों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना की जायेगी योजना की शुरूआत औरंगाबाद नवादा कटिहार मुजफ्फरपुर और जमुई जिलों से की जायेगी इन केन्द्रों पर कौशल विकास रोजगार डिजिटल साक्षरता स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दी जायेगी इसके लिए लगभग चौदह सौ चौदह लाख रूपये दिये गये हैं योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रति केन्द्र साढ़े बारह लाख रूपये और प्रखंड स्तर पर प्रति केन्द्र लगभग साढ़े पैंतीस लाख रूपये खर्च किये जायेंगे देश के सबसे व्यस्तम दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर दीनदयाल उपाध्याय डेहरी आन सोन रेलवे स्टेशन के बीच एक स्पेशल ट्रेन का एक सौ तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर स्पीड ट्रायल किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के डीआरएम पंकज सक्सेना ने कहा कि स्पीड ट्रायल सफल रहा इस रूट पर जल्द ही हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है राज्य में सभी डीजल वाहन सीएनजी में बदले जायेंगे परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए सीएनजी स्टेशन खोले जा रहे हैं जो चौबीसों घंटे सातों दिन खुले रहेंगे उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च से डीजल चालित तीन पहिया वाहन नहीं चलेंगे इसके साथ ही बसों को भी सीएनजी में बदला जायेगा और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा केन्द्र सरकार ने राज्य के गांवों में ई एग्रीकल्चर और ई कामर्स को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को एक पत्र भेजा है जिसके अन्तर्गत हर पंचायत में पांच से छह वाई फाई केन्द्र स्थापित किये जायेंगे वैशाली जिले के भागवानपुर प्रखंड के प्रतापटांड़ गांव के मंदिर से चोरों ने एक प्राचीन मूर्ति चुरा ली है शिवहर जिले में अपराधियों ने एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरिहर पट्टी गांव में पुलिस ने एक मकान से बाईस सौ बत्तीस बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कटक में सम्पन्न रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में बिहार को पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर तीन अंक मिले हैं वहीं चैन्नई में कल से इक्कीस फरवरी तक खेली जाने वाली पैंसठवीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में शामिल होने की लिए बिहार टीम रवाना हो गयी है जिसमें पुरूष वर्ग के कप्तान दीपक प्रकाश रंजन और महिला वर्ग का नेतृत्व संगीता कुमार कर रही हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी प्रमुख खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सेना मारक समूह तैयार करेगी दैनिक जागरण लिखता है दूरसंचार सेक्टर के लिए रोडमैप बनाने की तैयारी में केन्द्र सरकार दैनिक भास्कर ने फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही चढ़ेगा पारा देश के तीस प्रतिशत हिस्से में सामान्य से दो से छह डिग्री तक ज्यादा रहेगा तापमान को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने लिखा है छात्र ने बनाया मानवरहित सोलर यान मराल टू दैनिक आज की बड़ी खबर है केजरीवाल का शपथ ग्रहण आज समारोह में शिक्षकों को बुलाने पर सियासत तेज

राज्य के डिग्री कॉलेजों में अब नहीं होगी इंटर की पढ़ाई